मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रहा है

कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल आज अपना नामांकन पत्र भरेंगे

बाद में दाड़ी ग्राउंड में एक रैली का आयोजन किया जाएगा जिसे पार्टी नेता संबोधित करेंगे

प्रचार दूसरी प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों प्रचार अभियान इन दिनों जोरों पर है भाजपा व कांग्रेस के अलावा अन्य दल भी रैलियों व जनसंवाद के माध्यम से अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से समर्थन मांग रहे हैं वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जय राम ठाक्र आज चंबा जिले के चुराह और डलहौजी निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे भाजपा के प्रदेश महासचिव व चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष चन्द्रमोहन ठाक्र ने बताया कि इसी तरह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र और कांगड़ा से पार्टी उम्मीदवार किशन कपूर नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे इसी तरह मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्यशी रामस्वरूप शर्मा कल्लू विधानसभा क्षेत्र की लगबैली और भूईन जबकि शिमला से सुरेश कश्यप कसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जनसम्पर्क अभियान में मौजूद रहेंगे दूसरी तरफ हमीरपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाक्र आज झंड़ता विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों और मंडी संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी आश्रय शर्मा शिमला ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार करेंगे जल संरक्षण प्रदेश सरकार गुम्मा जलागम क्षेत्र के तहत जल संरक्षण के लिए पदमश्री से सम्मानित राजेन्द्र सिंह द्वारा किए गए सर्वेक्षण की कार्य योजना के अनुसार प्रभावी कदम उठाएगी अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने कल शिमला में ये जानकारी दी

परीक्षा परिणाम प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च में ली गई दसवीं की परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया जाएगा बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा परिणाम दोपहर तक बोर्ड की वैबसाईट पर अपलोड कर दिया जाएगा एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने लोकसभा चुनाव प्रचार से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बयान को शीर्षक दिया है सुखराम ने दिया था धोखा माफ नहीं करूंगा आपका फैसला के शब्द हैं अलग पार्टी बनाने के लिए सुखराम को कभी माफ नहीं करूंगा दैनिक भास्कर का कहना है भाजपा जुमलेबाजी कर जनता को करती है भ्रमित

मोदी पर लिखी पुस्तक के विमोचन की होगी जांच शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है राष्ट्रीय पुस्तक मेले के शुभारंभ पर हुआ था विमोचन अधिकारियों से भी होगी पूछताछ

प्रदेश में पहली बार स्कूली बच्चों को पढ़ाएगा रोबोट शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है रोहडू के एक स्कूल में बन रही रोबोटिक प्रयोगशाला मौसम से जुड़ी खबर को हिमाचल दस्तक ने शीर्षक दिया है प्रदेश में कल से अंधड़ ओलावृष्टि की चेतावनी दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं हिमाचल में तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी पंजाब केसरी ने लिखा है शिमला व मनाली में भी छूटने लगे पसीने